दोनों देशों ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करने की बात कही इस दौरान दोनों देशों ने सांस्कृतिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सौर ऊर्जा और रुपे कार्ड को लेकर समझौता हस्ताक्षक भी किया बहरीन के राजा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दॉ किंग हामिद ऑर्डर ऑफ दॉ रेनेसां से भी नवाजा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहरीन यात्रा ने प्राचीन काल के दौरान पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को फिर सक्रिय किया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कल नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पार्टी कार्यकर्ताओं और हजारों प्रशंसकों की मौजूदगी में श्री जेटली के पुत्र रोहन ने अंतिम संस्कार की क्रियाओं को संपन्न किया इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पार्टी अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता ज्योंतिरादित्य सिंधिया और कपिल सिब्बल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे मिशन मोदी आगेन पीएम डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा कल ईटानगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया सरकार के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य से कार्यकर्ताओं का चयन पर आधारित इस कार्यक्रम में राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातूंग उद्योग मंत्री तुमके बागरा सहित राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य और भाजपा के पदाधिकारी उपस्थित थे अपने संबोधन में युवा मामला मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार में जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए त्वरित गति से विकास की योजनाओं को लागू किया है उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के बारे में जन जागरुकता पैदा करने में स्थानीय कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आज से छात्राओं के लिए तीन दिवसीय आत्मारक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरु हुआ शिक्षा विभाग़ द्वारा आयोजित इस शिविर का उद्घाटन जिला उपायुक्त किन्नी सिंह ने किया इस अवसर पर स्कूली शिक्षा उपनिदेशक जोंगे यिरांग संबंधित विभाग के कई अधिकारी और प्रशिक्षक मौजूद थे इस तीन दिवसीय शिविर में जिले के विभिन्न विद्यालयों के सौ छात्राओं को आत्मारक्षा के गुण सिखाये जायेंगे अपने संबोधन में जिला उपायुक्त ने छात्राओं से आत्मारक्षा कौशल विकास कार्यक्रम को गंभीरता से लेने को कहा अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से उभर रहे चाय उद्योग से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे अरुणाचल हार्नबील ब्रादर प्राडाक्ट के प्रिमियम टी को लांच करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को राज्य में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगारों के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए उन्होंने कहा कि राज्य के नगदी फसलों का ब्रांड विकसित होने से देश में अरुणाचल प्रदेश को एक पहचान मिलेगी इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी उद्योग मंत्री तुमके बागरा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा है कि प्रदेश में चाय रबड़ और कॉफी सहित नगदी फसलों के उत्पादन की अपार संभावनाएं है उन्होंने कहा राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को सरकार प्राथमिकता दे रही है कल ईटानगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कड़ी प्रतिष्पर्धा के युग में उत्पादों की गुनवत्ता और अत्याधुनिक तकनिक का उपयोग जरुरी है ईस्ट सियांग जिले में स्थित राज्य के पहले सैनिक स्कूल में आगामी दो हजार बीस इक्कीस शिक्षा सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु हो गई हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगामी तेईस सितंबर तक चलेंगी स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार दत्त ने कहा कि सैनिक स्कूल के वेबसाईट पर जाकर अभिभावक अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रवेश परीक्षा अगले वर्ष पांच फरवरी को ईटानगर पासीघाट तथा तवांग के परीक्षा केंद्रों पर होगी पी वी सिंधू ने बी डब्लू एफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधू को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है